निर्धारित समय पर भर्तियों का एक सुनिश्चित कैलेण्डर तैयार होना चाहिए देहरादून में आयोजित बैठक में श्री रावत ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग नियमित तौर पर इसकी समीक्षा करे मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार अभ्यर्थियों द्वारा न्यायालय से स्टे लाने के कारण भी भर्ती प्रक्रिया बाधित होती है इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाय

इसके अलावा सतपुली के पास लवाड़ में स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोला जायेगा इस सबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून में हंस फाउण्डेशन के अधिकारियों के साथ बैठक की

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं को इस विद्यालय में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जायेगी मुख्यमंत्री ने फाउंडेशन के अधिकारियों से स्कूल में आधुनिक शिक्षा तकनीक की सुविधाएं उपलब्ध कराने को भी कहा

इस अवसर उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय पोशण मिशन योजना के तहत ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर स्मार्ट फोन वेटमशीन आदि का वितरण किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग के माध्यम से ग्रोथ सेंटर स्थापित किये जा रहे है जिससे लोगों को उत्पादित फसलों आदि का वाजिव मूल्य मिल सकेगा

इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों की चार हस्तियों को अकादमी का फैलो चुना गया है

उनके गीतों और गायकी में पहाड़ी जीवन की कठिनाइयां अपनी पूरी पीड़ा के साथ सामने आती हैं तो पहाड़ का प्राकृतिक सौंदर्य भी अपने बहुआयामी रंगों के साथ उभरता है लोकजीवन के हर पहलू को उन्होंने अपने गीतों में स्वर दिया है स्लग राजीव रौतेला कुमाऊं मंडल आयुक्त राजीव रौतेला ने हल्द्वानी में बन रहे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये हैं

कुमाऊं आयुक्त ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यो को तय समय सीमा के अंदर किया जाय ताकि स्टेडियम जल्द से जल्द खेल प्रेमियों को समर्पित किया जा सके

राष्ट्रीय खेलों के लिए मुख्य रूप से देहरादनू और हल्द्वानी का चयन किया गया है स्लग प्रणव निष्कासन भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार जिले के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को पार्टी से निष्कासित कर दिया है वह पिछले काफी समय से पार्टी से निलंबित चल रहे थे हाल ही में सोशल मीडिया में विधायक का विवादित और राज्य के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद से उन्हें पार्टी से निकाले जाने की मांग उठ रही थी साथ ही प्रदेश भर में जगह जगह उनके खिलाफ लोग रोष प्रकट कर रहे थे उत्तराखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी डॉ देवेंद्र भसीन ने बताया कि विधायक कुंवर प्रणव का विवादित वीडियो सामने आने के तत्काल बाद ही प्रदेश इकाई की ओर से उन्हें पार्टी से निकाले जाने की संस्तृति हाईकमान से की गई थी हाईकमान ने आज दोपहर उनके निष्कासन का निर्णय किया स्लग हरेला बागेश्वर बगेश्वर में हरेला पर्व के उपलक्ष्य में कार्यालयों समेत स्कूलों अस्पतालों और वन विभाग में वृक्षारोपण किया गया इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि हरेला पर्व श्रावण मास में मनाया जाता है इस त्योहार को हरियाली के आगमन घर की सुख समृद्धि और भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है

अंधेरे में रखने की वजह से इसका रंग पीला पड़ जाता है दसवे दिन श्रावण मास की संक्रांति को इसे काटकर क्षेत्रपाल देवता को चढ़ाया जाता है

यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि हरेला पर्व में फलदार पौधों के साथ छायादार पौधे भी रोपित किए जाएंगे उन्होंने प्रत्येक गांव में वन पंचायत भूमि में देव वन के नाम से वन विकसित करने को भी कहा

नीचे वाले क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है वहां झील निर्माण होने से जल संरक्षण और संवर्धन के साथ ही खेती के लिए भी पानी मिलेगा

उधमसिंह नगर में हरेला पर्व पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जल के महत्व के प्रति जागरूक किया गया इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन और ब्लॉक में पौधरोपण भी किया चमोली में हरेला पर्व के अवसर पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नए बस स्टेशन के निकट गोपेश्वर वन पंचायत में नवग्रह वाटिका के लिए चिन्हित भूमि पर पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया साथ ही जिले के सभी विकासखण्डों में भी पौधों का रोपण किया गया

आज देहरादून में कुम्भ मेले के लिए गठित एम्पावर्ड कमिटी की बैठक में मुख्य सचिव ने मेले के लिए स्वीकृत कार्यां और नए प्रस्तावित कार्यो की समीक्षा की

उन्होंने मेले के दौरान स्नान पर्वो पर श्रद्वालुओं की अधिकतम संख्या के अनुसार व्यवस्थाओं का प्लान तैयार करने के निर्देश दिये इसके अलावा उन्होंने मेला क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण श्रद्वालुओं की सुविधा और सुरक्षा के साथ ही स्थायी प्रकृति के कार्या पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया

इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने स्वामी जी के योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया साथ ही उन्होंने बच्चों से कहा कि वे रूवामी के जीवन से सीख लें स्लग जिलाधिकारी शिलान्यास उत्तरकाशी में जिलाधिकारी और गंगोत्री विधायक ने संयुक्त रूप से बच्चों के एक पार्क का शिलान्यास किया

श्री चौहान ने ग्रामीण निर्माण विभाग को शीघ्र पार्क बनाने के भी निर्देश दिए